इन सीटों पर एक सौ नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान मं हैं कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा शुरूआत चरण में मतदान की गति काफी धीमी रही लेकिन दोपहर बाद अधिकांश मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लम्बी कतारें देखने को मिलीं

सुबह से ही मतदान के लिए मतदाता आने लगे थे मतदाताओं में खासकर यूवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला प्रदेश सरकार में मंत्री कमला रानी वरुण और कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी और ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया

सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आशान्वित है

आकाशवाणी समाचार के लिये कानपुर से मैं राजेश श्रीवास्तव रामपुर सीट पर मतदान की गति काफी धीमी रही कई केन्द्रों पर छिटपुट घटनाओं के चलते मतदान कुछ समय के लिए प्रभावित रहा वहीं सहारनपुर में मतदाता जागरूकता कार्यकमों का असर आज चुनाव में दिखायी दिया

शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस और पीएसी के अलावा केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की भी तैनाती की गयी थी संवेदनशील ब्रथों पर मतदान प्रकिया पर नजर रखने के लिये वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी प्रदेश विधानसभा की रिक्त ग्यारह सीटों पर आज उप चूनाव सम्पन्न होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चन्द्रमोहन ने कहा है कि उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी बाइट ऐतिहासिक परिणाम आयेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही उप चूनाव में पूरी ईमानदारी के साथ भाग लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश के महामंत्री संगठन श्री बंसल जी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकाग्र परिश्रम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सभी जगह जाके जनता के बीच में गये और सरकार की उपलब्धियों को मादी जी के मिशन को जनता के सामने रखने का काम किया और हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी सीटो ंपर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी

गूहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश प्रगति की राह पर अग्रसर है और पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं श्री शाह आज नई दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्वांजलि अर्पित कर रहे थे इस अवसर पर अमित शाह ने कहा बाइट देश को मुक्त करा कर शांति की दिशा में आगे ले जाना कई प्रकार की गैर कानूनी प्रवृत्तियों को रोक लगाना पूर्वोत्तर के अंदर शांति प्रस्तावित करना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास को पहुंचाने के लिए अपनी कटिबद्धता व्यक्त कर कर प्राणों के बलिदान देना जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना अब तक चौंतीस हजार आठ सौ चवालीस पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी शहादत दी है गृहमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों के कार्य स्थल को बेहतर बनाने उनके स्वास्थ्य और परिवार से संबंधित सभी कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित बनाने के लिए समयबद्ध कदम उठायेगो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस बल और उनके परिवारों का अभिवादन किया और शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से दायित्व का निर्वाह करते हैं और उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दश के लिये अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की

पुलिसकर्मियों के साहस और पराकम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों में कानून का भय व्याप्त कराना सरकार की प्राथमिकता है पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमत्री ने कहा कि इस वर्ष देश में शहीद होने वाले पुलिसजनों में पांच पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के थे जिन्होंने पुलिस विभाग के साथ साथ प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध करायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने सौ पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा चार सौ पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस के मनोबल कार्यकुशलता एवं व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कई एतिहासिक कदम उठाये हैं प्रयागराज में कुम्भ और वाराणसी में प्रवासी सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यकमों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को बधाई दी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

आपातकालीन स्थिति में लोगों को मदद के लिये अब सौ नम्बर की जगह एक सौ बारह नम्बर डॉयल करना होगा

पुलिस महानिदेशक ओपीसिंह ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी प्रेषित कर दी है पत्र में कहा गया है कि एक सौ बारह नम्बर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में आपातकालीन हेल्प लाइन के रूप में पूर्व से ही स्थापित है इसी कम में केन्द्र सरकार ने एक सौ बारह नम्बर को पूरे देश में आपातकालीन हेल्प लाइन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है इसे चरणवार सभी प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि एक सौ बारह नम्बर डॉयल करके पुलिस फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सहित अन्य जीवन रक्षक एजेंसियों की सेवा प्राप्त की जा सकेगी प्रदेश में किसानों की आय वर्ष दो हजार बाइस तक दोगुना करने की दिशा में कृषि एवं संबंधित विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं इसी कम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर किसान पाठशाला का शुभारम्भ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है उन्होंने कहा कि किसानों को खराब बीज वितरित करने वाली कम्पनियों पर अंकुश लगाना जरूरी है कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि के विकास के लिए तकनीकी का विकास बहुत जरूरी है सरकार किसानों को खेती के आधुनिक तौर तरीके और तकनीकी से अवगत कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने गांव गरीब किसानों के लिये जो सपना देखा था उसे आज केन्द्र की मोदी सरकार तथा प्रदेश की योगी सरकार साकार कर रही है आज बस्तो जनपद के रूधौली विधानसभा क्षेत्र में गांधी संकल्प जन पद यात्रा को संबोधित करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि इस यात्रा का उददेश्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनता को अवगत कराना है

इस पद यात्रा के माध्यम से गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और गांधी जी के विचारों के अनुरूप मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जो योजना बनाई है गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिये देश के विकास के लिये उसका प्रचार प्रसार करना और उन योजनाओं का आम जन मानस को उसका लाभ हो